मिशन इन्द्रधनुष का दूसरा चरण ग्यारह बीमारियों से बचाने के लिये लगाये जाएंगे टीके

भाजपा जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज से दस दिन का जनसम्पर्क अभियान शुरू किया कई केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता विभिन्न भागों में घर घर जाकर इस अभियान का हिस्सा बन रहे है केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुरैना में जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भोपाल में घर घर जन जागरण हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत की इस मौके पर उन्होने कहा कि नागरिक संशोधन कानून का विरोध करने का मतलब हम तालिबानी संस्कृति का समर्थन कर रहे है हमें अखंड भारत का सपना पूरा करना है तो सीएए को स्वीकारना होगा राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सागर जिले के गढ़ाकोटा में जनसंपर्क अभियान में भाग लिया शिवपुरी में भी जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये गये है

इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति मिस्ड कॉल देकर नागरिकता संशोधन कानून के प्रति समर्थन दर्ज करा सकता है सीएम सतना मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज सतना के बीटीआई मैदान में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी किसानों का कृषि ऋण माफ होगा और बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिये राज्य में उद्योग लगाने के लिये निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा

श्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार किसानों और युवाओं के साथ साथ समाज के सभी वर्गो के कल्याण के लिये काम कर रही है जबकि भाजपा नागरिकता जैसे कानूनों के जरिये समाज को बांटने में जूटी है मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान संशोधन बिल जनता को परेशान करने वाला कानून है केन्द्र सरकार इस कानून के जरिये आपसे हिन्दू होने का प्रमाण मांगेगी और जो लोग प्रमाण नहीं दे पायेंगे उन्हें डिटेंन्शन सेन्टर भेज दिया जाएगा

अनुभूति ईको फेडली अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत श्योपूर जिले के विजयपूर परिक्षेत्र में स्कूली विद्यार्थियों को जंगल भ्रमण कराया गया

बुंदेली अधिवेशन ब्रंदेली भाषा पर केन्द्रित दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज ओरछा में समाप्त हो गया केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल इस कार्यकम के मुख्य अतिथि थे इस सम्मेलन का आयोजन बुंदेली साहित्य एवं संस्कृति संघ भोपाल ने किया था कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने बेतवा नदी पर लिखी एक काव्य कृति बेतवा का विमोचन किया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

वहीं तेज हवाओं और कोहरे ने लोगों को घर में कैद कर दिया है

मौसम विभाग ने कल भी ग्वालियर चंबल सागर और उज्जैन संभागों में कोहरा रहने का अनुमान व्यक्त किया है इसके साथ साथ कई जिलो में शीत लहर जारी रहने और तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की भविष्यवाणी की है